आज वर्च्अल माध्यम से देश के छह राज्यों में वैश्विक आवासीय प्रोद्योगिकी च्नौती जीएचटीसी इंडिया के तहत लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री ने यह बात कही श्री मोदी ने कहा कि जनकल्याण के लिए प्रय्क्त लाइट हाउस परियोजनाएं बेहतरीन प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करेंगी और इनसे शहरी आवासीय आवश्यकताएं पूरी करने में मदद मिलेगी

उन्होंने कहा कि आवास योजनाएं पिछली केन्द्र सरकारों की प्राथमिकता सूची में नहीं थी श्री मोदी ने कहा कि मौजूदा केन्द्र सरकार यह समझती है कि देश के चहंम्खी विकास के बिना कायाकल्प संभव नहीं है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने भवन निर्माण क्षेत्र में अन्संधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आशा इंडिया परियोजना श्रू की है

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों मकान बनाए जा च्के हैं और लाखों का निर्माण चल रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि हर किसी का सबसे बड़ा सपना यह होता है कि उसका अपना घर हो और केन्द्र सरकार शहरों में रह रहे गरीबों और मध्यम वर्ग की इन्हीं जरूरतों को समझते हुए मकानों के निर्माण को प्राथमिकता दे रही है इस अवसर पर आवासन और शहरी कार्यमंत्री हरदीप सिंह प्री त्रिप्रा झारखंड उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश ग्जरात तमिलनाड़ और आंधप्रदेश के म्ख्यमंत्री भी मौजूद थे

इस कोर्स का नाम भारतीय आवास के लिए नूतन किफायती वैध अन्संधान नवाचार प्रौद्योगिकी निवृत्ति होगा ईटानगर में शहरी आवास विभाग के अधिकारी और इस योजना के लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के वार्षिक पुरस्कार कार्यक्रम में वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से शामिल हए

राष्ट्रपति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ने देशवासियों को नववर्ष की श्भकामनाएं दी हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि प्रत्येक नववर्ष नई श्रुआत का अवसर देता है श्री मोदी ने ट्वीट में उम्मीद व्यक्त की कि यह वर्ष लोगों में अच्छा स्वास्थ्य ख्शियां और संपन्नता लायेगा राज्यपाल डा बी डी मिश्रा और म्ख्यमंत्री पेमा खाण्डू ने प्रदेशवासियों का नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए राज्य में शांति और खुशहाली की कामना की है

बडी संख्या में लोग अपने परिजनों के साथ प्रदेश के मनोरम स्थलों और ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के आसपास नववर्ष के उपलक्ष्य में पिकनिक मना रहे हैं आज पासीघाट से करीब बीस किलोमीटर की दूरी पर स्थिति मनोरम पर्वत श्रेणियों के बीच सिरकी वाटरफाल का नजारा देखने के लिए आसपास के इलाके के लोग जमा हुए

राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार प्रदेश में कोविड रिकवरी दर बढकर निन्यानवे दशमलव शून्य सात प्रतिशत हो गयी है